इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास प्रसन्नता और आशा का संचार करता है राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करेगा जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नये जोश का संचार करें

एक ट्वीट में श्री नायडू ने आशा व्यक्त की कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में प्रसन्नता बेहतर स्वास्थ और समृद्धि लेकर आएगा

अमरीका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि पूरे विश्व में कई धर्मो को मानने वार्ले लोग एकत्र होकर होली का त्योहार मनाते हैं और हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि हमें जोड़ने वाला हमारे मतभेदों से अधिक बड़ा है ऑस्ट्रेलिया को प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को होली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं ट्वीटर पर अपने संदेश में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू समुदाय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सभी लोगों को इस अवसर पर श्भकामनाएं दीं देश में अभी तक छह करोड़ पांच लाख तीस हजार व्यक्तियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं

इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर एक करोड़ बीस लाख उनचालीस हजार छह सौ चौवालीस हो गई है इस महामारी से एक करोड़ तेरह लाख पचपन हजार नौ सौ तिरानबे व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं देश में स्वस्थ होने की दर चौरानबे दशमलव तीन दो प्रतिशत है

इसमें सर्वाधिक रांची में एक सौ बिरासी हैं वर्तमान में राज्य में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार छह सौ छत्तीस हो गई है कल छिहत्तर कोरोना सक़मित स्वस्थ हुए प्रदेश में कोरोना संक़मितों के स्वस्थ होने की दर संतानबे दशमलव पांच सात प्रतिशत है इधर राज्य के सभी जिलों में एक बार फिर जांच तेज कर दी गई है जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़र्ने का मंत्र याद रखना चाहिए दवाई भी कड़ाई भी

श्री मोदी ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का अर्थ है कि हम नये संकल्प करें और उन संकल्पों को पूरा करें तथा अपनी स्वतंत्रता को पूरी ईमानदारी के साथ संजोकर रखें

जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी सूचना मिलने के बाद एसपी द्वारा एसडीपीओ संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था

इधर गिरिडीह जिला में उत्पाद विभाग और जिला पुलिस द्वारा छापेमारी की गई छापेमारी में छह हजार लीटर अवैध स्प्रीट जब्त किया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक अमीत रेणू ने बताया कि अवैध रूप से ऐसे कार्य करने वालों के विरूद्व छापेमारी अभियान जारी रहेगा

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में मतदान प्रतिशत जनता का उत्साह दर्शाता है

इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है आकाशवाणी से बातचीत में सिक्किम के स्थानिक आयुक्त अश्वनी कुमार चंद ने बताया कि इस अभियान के जरिए राजधानी और सिक्किम के विद्यार्थी एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं

इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली सरकार के और सिक्किम सरकार के आपस में सामंजस्य बिठाया गया ताकि वहां के बच्चों में और वहां के विभिन्न वर्गों में एक दूसरे प्रदेश के प्रति जागरूकता हो

हमारे स्कूल के बच्चों ने मलखंब में भी पार्टिसिपेट किया जो मथुरा में ऑर्गेनाइज हुआ था एक पत्रिका भी छापी गई जिसका नाम है सिक्किम अवलोकन जो स्कूली बच्चों में दिल्ली में वितरित भी की गई

सर्दियों के लगभग चार महीने के अंतराल के बाद इसे कल फिर खोला गया और इसके साथ ही लद्दाख सड़क मार्ग के जरिये पूरी दुनिया से फिर जुड़ गया

पाससेक्स नाम का यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य साझेदारी के बढ़ते सामंजस्य को रेखांकित करता है यह अभ्यास आज संपन्न हो जाएगा

इस बेड़े में विमानवाहक युद्धपोत और बड़ी संख्या में विध्वंसक युद्धपोत और अन्य जहाज शामिल हैं पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है इससे भारतीय वायुसेना को अमरीकी नौसेना के साथ अभ्यास करने का अवसर मिल रहा है

प्रबंधन सभी पक्षों के साथ पोत को फिर से चलाने पर कार्य कर रहा है उसने चालक दल के कठिन और अथक प्रयासों की सराहना की है